सम्मेलन का विषय विकास के आकांक्षी जिलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुशासन है

यह सम्मेलन नागरिकों को केन्द्र में रखकर बनाये गये प्रशासन के बेहतरीन तौर तरीके तैयार करने और उन्हें लागू करने के साथ ही ई शासनपारदर्शीजवाबदेह और जनता के अनुकूल कारगर प्रशासन के माध्यम से बेहतर लोक सेवाए प्रदान करने के बारे में अनुभवों को साझा करने के लिये एक मंच तैयार करने का प्रयास है

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कल इसकी जानकारी दी

इसमें मिशन अंत्योदय के तहत ग्राम पंचायत सर्वे का कार्य किया जायेगा

सुझाव प्रदेश के विकास और प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के हित संरक्षण के लिये प्रवासी भारतीय विभाग का गठन किया गया है विभाग द्वारा प्रवासी भारतीयों से जोडने के लिये फेंडस ऑफ एमपी पोर्टल तैयार किया गया है

इसके लिये पोर्टल पर प्रावधान किया गया है विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों से सुझाव लेने के लिये फेंडस ऑफ एमपी डाट जीओवी डॉट इन पर टेलेंट पूल टैब बनाया गया है पोर्टल के माध्यम से कार्यकमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और पंजीकृत सदस्यों और चेप्टर का डाटाबेस बनाये जाने के लिये भी बेवसाइट पर प्रावधान किया गया है

मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन ग्वालियर चंबल संभागों में अनेक स्थानों पर और इंदौर धार झाबुआ राजगढ विदिशा रायसेन सागर दमोह अनूपपुर और शहडोल जिलों में कही कही बारिश हो सकती है वहीं राजधानी भोपाल में बादल छाये रहेंगे शहर में हल्की बारिश होने की संभावना है

हमारे भिण्ड संवाददाता ने जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण अंचलों के कच्चे मकान गिर रहे हैं वहीं नदी नालों में उफान से पहुंचमार्ग भी बंद है

सर्वाधिक वर्षा उमरिया में और सबसे कम अलीराजपुर में दर्ज की गई है महिला हॉकी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल मैदान पर कल से राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी कप टूर्नामेन्ट आयोजित किया जायेगा

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कल शाम टूर्नामेंट का श्रभारंभ करेंगी

इसके तहत पर्यटकों को विभिन्न स्थलों के बारे में जानकारी दी गयी सतना जिले के चित्रकूट में आज आयोजित अमावस्या मेले के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने पहुंच कर मंदाकिनी नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की